आज शिमला में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धन आवंटित किया है उन्होंने राज्य सरकारों से इस धनराशि का उपयोग करके इस साल के अंत तक हर घर में बिजली पहंचाने का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विद्युत क्षेत्र में आवश्यक सुधार करेगी ताकि प्रदेश के द्रदराज क्षेत्रों में बिजली कनैक्शन दिए जा सके उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश को हर संभव सहायता देने की बात कही इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश में बहने वाली नदियों से विद्युत उत्पादन पर प्रदेश को अन्य राज्यों की तर्ज पर रॉयलटी देने की मांग की उच्चतम न्यायालय पुलिस सुधार उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त न किया जाये न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों से पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केन्द्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजने का भी निर्देश दिया है पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड भी शामिल हैं

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुल्ह निर्वाचन क्षेत्र के भवारना और चौकी गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस पर्यटन अधोसंरचना को स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि इसके तहत ग्रामीण साहसिक व ईको पर्यटन के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुजित करने और पर्यटन विविधिकरण पर बल दिया जाएगा सिमकार्ड बीएसएनएल ने योग गुरू बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड जारी किया है आज शिमला में एक प्रैस वार्ता में निगम के प्रदेश परिमंडल मुख्य महाप्रबंधक यू एस पांडेय ने बताया कि ये सिम कार्ड तीन दरो पर उपलब्ध होगा उन्होंने बताया कि पतंजलि प्लान बीएसएनएल के सर्वोतम प्लान में से एक है और निगम के पांच लाख कांउटरों पर ये सिम कार्ड उपलब्ध होगा

मण्डी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रैसलिंग का ये शो ओलंपिक खेलों की सूची में नहीं आता है इसलिए सरकार ने खली को पहले ही वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया था गोबिंद ठाकर ने कहा कि इसके अलावा प्रशासन से लेकर अन्य विभागों को आयोजन से संबंधित हर संभव सहयोग देने को कहा गया है चोर गिरोह सोलन व आसपास के इलाकों में रोज़ाना लाखों रूपए की चोरियां होने से लोग परेशान है

प्रभावितों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है उधर पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि बड़ी सतर्कता से चोर गिरोह चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इनकी जांच में जुटी है स्कब टायफस स्वास्थ्य विभाग ने बरसात में फैलने वाले स्कब टायफस रोग के बचाव के लिए लोगों को ऐहतियात बरतने की सलाह दी है कांगड़ा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने कहा है कि तेज बुखार जोड़ो में दर्द और शरीर में अकड़न जैसे लक्षण होने पर मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवानी चाहिए उन्होंने लोगों को घरों के आसपास साफ सफाई रखने की सलाह देते हुए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने को कहा है